कोरोना स्वास्थ्य परीक्षण राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी जिलों में सर्दी जुकाम और श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के सभी मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल ऐसे मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश जारी किए हैं मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा है

इस वेबसाइट में मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श निःशुल्क मिल सकेगा इस व्यवस्था में गंभीर बीमारियों के मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एंब्रेलेस की सुविधा भी मिलेंगी साथ ही लैब की भी व्यवस्था होगी यह वेबसाइट एक तरह से वर्चअल अस्पताल की तरह काम करेगी कोरोना सामुदायिक सर्वे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सभी जिलों में सामुदायिक सर्वे कराया जाएगा इसके लिए हर जिले को सेक्टर में बांटकर कोरोना के संभावित मरीजों के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे उल्लेखनीय है कि पहले चरण में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीते डेढ़ माह की अवधि में विदेशों से आने वाले कोरोना संक्रमित लोगों उनके परिजनों सीधे संपर्क में आने वाले लोगों सहित अन्य संभावितों का टेस्ट किया गया जो लगभग पूर्णतः की ओर है अब टेस्टिंग के दूसरे चरण में होम क्वारेंटाइन किए गए लोगों के साथ ही कम्यनिटी सर्विलेंस के तहत संभावितों के सैंपल लेकर कोरोना की जांच की जाएगी कम्यूनिटी सर्विलेंस के तहत धार्मिक स्थल के आसपास के इलाकों सार्वजनिक स्थल वे इलाके जहां के लोगों को सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ के लक्षण हो उनका रैंडम आधार पर सैंपल लिया जाएगा राहत शिविरों में ठहरे प्रवासी श्रमिकों की भी रैंडम सैंपलिंग होंगी कोरोना मरीज जांच छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई है इन्हें मिलाकर अब तक पच्चीस मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं वर्तमान में कोरोना से संक्रॅमित ग्यारह मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित छत्तीस मरीजों की पुष्टि हुई है कोरोना वायरस संक्रमण की जांच अब कोरबा में भी हो सकेगी राज्य सरकार ने जिले के लिए दो हजार रैपिड टेस्ट किट भिजवाएं हैं अब प्रतिदिन संक्रमण की आशंका वाले व्यक्तियों के सलाइवा और ब्लड सैंपल लेकर बीस से तीस सैंपलों की जांच की जा सकेगी और संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज भी हो सकेगा कोरोना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशसेवा में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों और उनके द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए चौबीस घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है उन्होंने कहा कि सरकार गतिशील लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों को हरसंभव सहायता सुनिश्चित कर रही हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है क्योंकि र्व संकट के इस काल में लगातार लोगों की सहायता कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी पर जरूर विजय प्राप्त करेगी कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं रायपुर और दुर्ग जिले में परसों शाम से जारी कपर्यू के दूसरे दिन आज भी सख्ती देखी गई और सड़कें सूनसान रही राजनांदगांव में आज मास्क नहीं लगाने और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की इस बीच राजनांदगांव के पेन्ड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल को संभाग स्तरीय कोरोना ट्रीटभेंट सेंटर बनाया गया है स्वास्थ्य विमाग की सह विशेष सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने अस्पताल का निरीक्षण किया यहां कोरोना से संक्रभित मरीजों के लिए एक सौ साठ बिस्तर का अस्पताल तैयार किया गया है इसी तरह राजनांदगांव कलेक्टर ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्योगों को शरू करने को लेकर विचार विमर्श किया उन्होंने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सेवाओं जैसे खाद्य प्रसंस्करण चिकित्सा संबंधित आवश्यक दवाओं और उपकरणों से संबंधित औद्योगिक इकाईयों को शरू करने के निर्देश दिए वहीं बालोद में नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी यमदूत का वेश बनाकर सड़कों पर उतरे और एंबुलेंस तथा स्वर्ग रथ के जरिये लोगों को समझाइश दी तथा लॉकडाउन का पालन करने की अपील की इसके अलावा नगर पालिका द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ करने वाली स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया दूर्ग जिले में भिलाई नगर निगम क्षेत्र के पावर हाउस फल मण्डी के समीप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान का व्यवसाय बंद नहीं करने और भीड़ बढ़ाने के आरोप में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है वहीं कोरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान खाद्य विभाग द्वारा जिलों के पांचों विकासखंडों में संचालित तीन सौ उनचास शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से जिले के सैंतीस हजार से अधिक बीपीएल परिवारों को निःशल्क राशन वितरण किया जा रहा है उधर अंबिकापुर में नगर निगम ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर थ्रकने वालों पर पांच सौ रूपये का जुर्माना तय किया है इसके लिए एक उड़नदस्ता की टीम भी गठित की गई है इधर जांजगीर चांपा जिले में संचालित दस राहत शिविरों में एक सौ नवासी लोगों को ठहराया गया है समी का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है अभी तक चौदह हजार से अधिक लोगों को सूखा राशन का वितरण किया जा चुका है वहीं कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फंसे जांजगीर चांपा जिले के पांच परिवारों के सत्रह सदस्यों के लिए जांजगीर चांपा जिला प्रशासन की पहल पर राशन की व्यवस्था कराई गई है कोरोना मनरेगा कार्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना वाले हॉट स्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर शेष इलाकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सिंचाई विस्तार जल संरक्षण और जल संचय के काम प्राथमिकता से शुरू होंगे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी किया गया है इस बीच प्रदेश के कई इलाकों में मनरेगा का काम शरू हो चुका है जांजगीर चांपा और दर्ग जिले में मनरेगा के श्रमिक केन्द्र और राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मुंह में मास्क लगाकर काम कर रहे हैं कोरोना पीडीएस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित राशन कार्ड विहीन परिवारों को भी उनकी पात्रता के अनुसार राशन कार्ड जारी कर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है खाद्य विभाग ने कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में दो क्विंटल चावल जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रखा गया है इस चावल का उपयोग जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम प्रतिमाह देने के लिए किया जा सकता है इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड विहीन व्यक्तियों की नगरीय निकायों के माध्यम से पहचान की उचित व्यवस्था के साथ प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल दिया जा सकता है

उल्लेखनीय है कि स्कली बच्चों की पढाई के लिए सीजी स्कल डॉट इन पोर्टल शुरू किया गया है इसी पोर्टल पर कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू की गई है इस पोर्टल में स्नातक स्तर के पाठयक्रम के अनुसार पीडीएफ ऑडियो और वीडियो लेसन उपलब्ध है भविष्य में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराने की योजना है पोर्टल में महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा शिक्षकों के रूप में पंजीकृत होकर अध्ययन अध्यापन से संबंधित सामग्री विषयवार अपलोड की जा रही है जिसका पोर्टल में पंजीकृत महाविद्यालयीन छात्र उपयोग कर सकेंगे इस पोर्टल पर बत्तीस हजार से अधिक विद्यार्थी और तीन हजार से अधिक प्राध्यापक पंजीकृत हो चुके हैं पोर्टल में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन इंटर एक्टिव कक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें प्राध्यापक और छात्र अपने अपने घरों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकेंगे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने कोटा जिला प्रशासन से भी जानकारी ली है कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया है राज्य सरकार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन का इंतजार है इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि जो पालक अपने बच्चे को वापस लाना चाहते हैं वे बच्चे का नाम पिता का नाम विद्यालय का नाम और मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के बैंक खातों में दो दो हजार रूपये की राशि जमा कराई गई है दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के मर्रा गांव के किसान जोहन साहू ने बताया कि लॉकडाउन के समय यह राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित हुई है

दंतेवाडा जिले के बालद गांव के गरूड राम ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन सिद्धार्थ तिवारी ने घटना की पृष्टि करते हुए बताया कि पूसपाल थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान चिंतलनार इलाके में घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया इस पर पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था मारे गए माओवादी की पहचान एसीयम पोड़ियम काना उर्फ नागेश के रूप में हुई है यह माओवादी आंध्र और ओडिशा की सीमा पर सक्रिय था इस पर ओडिशा पुलिस ने भी चार लाख रूपये का इनाम घोषित किया था घटना के बाद मौके से तीन सौ पंद्रह बोर बंद्रक सहित ग्रेनेड टिफिन बम और कई माओवादी सामग्रियां बरामद की गई है उधर राजनांदगांव जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल ने बताया कि मोहला ब्लॉक में कोहका थाना क्षेत्र के ग्राम पुगदा के पास पहाड़ी किनारे माओवादियों ने एक मशीन ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में आग लगा दी उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले में माओवादी वारदात की यह पहली घटना है कोरोना मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाएं संगठन और सेवाभावी व्यक्ति के साथ साथ केंद्रीय जेल रायपुर के बंदियों ने भी सराहनीय काम किया है राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अब तक अट्टठाईस करोड़ सड़सठ लाख रूपये से अधिक की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई है इस राशि में प्रदेश के दो लाख बत्तीस हजार से अधिक शासकीय कर्मचारियों ने अंशदान किया है वहीं केंद्रीय जेल रायपुर में बंद चार सौ छह बंदियों ने अपने अर्जित पारिश्रमिक से एक लाख उनयासी हजार रूपये से अधिक की राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है जेल अधीक्षक ने इस राशि का चेक कलेक्टर को सौंपा मौसम प्रदेश के कुछ इलाकों में आज बदली बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है हमारे संवाददाताओं से भिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण बस्तर के कृष्ठ जगहों पर खासकर जगदलपुर और कोंडागांव में आज शाम मौसम में अचानक बदलाव आया और गरज चमक के साथ बारिश हई कोंडागांव के माकड़ी फरसगांव सहित कई गांवों में ओले गिरने की खबर है वहीं जगदलपुर शहर सहित अन्य जगहों पर भी बारिश होने के समाचार मिले हैं संक्षिप्त समाचार डाक विभाग ने कोरोना वायरस से संघर्ष के दौरान सेवारत् ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्य के मामले में दस लाख रूपये का मुआवजा देने का फैसला किया है जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने जिले में कोर्रोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के शहरी क्षेत्रों में आगामी तीन मई तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन दो लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन और खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वहीं अब तक एक लाख चार हजार से अधिक लोगों को मास्क और सैनिटाईजर का वितरण किया गया है कोरोना वायरय के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में फंसे सात हजार से अधिक श्रमिकों को उनचास लाख रूपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दूर्ग की वेबसाइट पर विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राध्यापकों द्वारा निर्मित विषय से संबंधित वीडियो लेक्चर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कोंडागांव जिले में जनपद पंचायत केशकाल के अंतर्गत ग्राम बेड़मा में पदस्थ ग्राम सचिव को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है बिलासपुर जिले में कोटा पुलिस ने ग्राम अमने में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से दस लीटर से अधिक देशी महआ शराब जब्त किया है आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है